राज्य के राजसमंद सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये जयपुर से इस योजना की शुरुआत की इस मौके पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने पर ज्यादा जोर दे रही है

इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं

इधर प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का शुभारंभ किया

हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय पर युवाओं में टीकाकरण के प्रति उत्साह दिखा

जिस वजह से इसकी कालाबाजारी नहीं हो सकेगी

रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए

प्रदेश में कोरोना से लड़ाई में जहां प्रशासन और विभिन्न संस्थाएं अपना सहयोग दे रहे हैं वहीं आम लोग भी अनूठी पहल कर रहे हैं बीकानेर में एक यूवक तरूण शर्मा ने अपने विवाह का प्रीतिभोज कोरोना परिस्थितियों को देखते हए स्थिगित कर दिया यही नहीं उन्होंने कोरोना राहत के लिए एक लाख रूपये दान भी किये है

निर्वाचन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण ग्रुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर उन्हीं लोगों को अनुमति मिल सर्कगी जिनके पास डबल वैक्सीन प्रमाण पत्र होगा या उनके पास आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान भी दो मतगणना एजेंटों के बीच एक मतगणना एजेंट पीपीई किट में होगा ताकि संक्रमण के प्रसार की कोई संभावना न रहे श्री ग्रप्ता ने बताया कि मतगणना हॉल में नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी मास्क फेस शील्ड और ग्लवज पहन कर रहेंगे

उन्होंने कहा कि कोविड के दिशा निर्देशों के चलते अब देर शाम तक नतीजे आने की संभावना रहेगी

श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस विश्वभर में मनाया जाता है यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों को शुभकामनाएं दी है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वे गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हैं जिनके साहस और निम्न वर्ग की सेवा करने के प्रयासों का दुनियाभर में सम्मान किया जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गुरुतेग बहादुर का व्यक्तित्व और जीवन संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को नई राह दिखाते हुए सशक्त राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा देता है

झुन्झुनूं सीकर और चूरू में दोपहर तक तेज गर्मी रही लेकिन अचानक बादल छाने के बाद हल्की बारिश से तापमान में गिरावट हुई झालावाड़ जिले में कई जगह हल्की बारिश और दूंदा बांदी हुई जबकि सिरोही जिले के आब्रोड समेत अनेक स्थानों पर आज बारिश के साथ ओले गिरे